वे आज गांगड़तलाई और कुशलगढ़ में जनसभा को संबोधित करे गी इससे पहले श्रीमती राजे कल शाम बांसवाडा पहुंची थी उन्होंने गढ़ी में जनसभा को संबोधित कर राज्य सरकार की उपलब्धियां बताई

सभापति एम वेंकैया नायडू ने कल सदन में इसकी घोषणा की इसके लिए नामांकन कल तक स्वीकार किये जायें गें उन्होंने कहा कि तय सीमा के बाद कोई नामांकन स्वीकार नहीं किया जायेगा जुलाई में श्री पी जे कुरियन का सदन में कार्यकाल खत्म होने के बाद से यह पद खाली है

इस समारोह में राष्ट्रीय स्तर पर चयनित बुनकरों को सम्मानित किया जायेगा वहीं राज्य स्तर पर चुने गये ब्रनकर भी सम्मानित होंगे समारोह में विभिन्न केन्द्रीय मंत्री मौजूद रहेंगे उद्योग आयुक्त डॉक्टर समित शर्मा ने बताया कि इस साल के राज्य स्तरीय पुरस्कारों में कोटा जिले के कैथ्न के बुनकर जाकिर हसेन को पहले पुरस्कार के लिये चुना गया है

इस विधेयक से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिल जाएगा ये विघेयक कल राज्यसभा ने भी पारित कर दिया

इससे पहले सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों के लोगों को न्याय प्रदान करना है विघेयक को नरेंद्र मोदी सरकार का ऐतिहासिक कदम बताते हुए श्री गहलोत ने कहा कि आयोग को संवैधानिक दर्जा देने की मांग काफी दिनों से चली आ रही थी

राज्यसभा ने कल इसे ध्वनि मत से पारित कर दिया लोकसभा इसे पिछले महीने ही पास कर चुकी थी

विधेयक में दूष्कर्म के आरोपियों को अत्यंत कड़ी सजा देने का प्रावधान किया गया है

उन्होंने कहा कि मंत्रालय खेलों को बढ़ावा देने के लिए और भी उपायों पर विचार कर रहा है

इससे खाली पडी जमीन के बारे में निगम कार्य योजना तैयार कर सकेगा नगर निगम के उप महापौर ने सभी जोनों के राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिये है कि शहर में जहां भी नगर निगम की जमीन है उनका रिकॉर्ड संधारण किया जाये

इसकी अध्यक्षता जिला कलक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी सिद्वार्थ महाजन करेंगे